योजनाओं का उद्घाटन करते हुए डॉ चाइ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि वर्ष दो हजार बाईस तक देश के किसानों की आय दोगुनी हो जाये और राज्य के प्रयासो से इन योजनाओं के द्वारा यह सपना साकार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है और उन्हें वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए जागरुक किया जा रहा है कृषि मंत्री ने राज्य के बाजार संभावनाओं की भी जानकारी दी उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश प्रति वर्ष करीब चार दशमलव पांच हजार मैट्रिक टन मच्छली का उत्पादन करता है जबकि आवश्यकता केवल पंद्रह हजार मैट्रिक टन की है गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना के अंतर्गत तीन राज्य फ्लैगशिप कार्यक्रम मुख्यमंत्री रोजगार सुजन योजना मुख्यमंत्री कृषि मशीनीकरण कार्यक्रम और चाय एवं रबर पर मुख्यमंत्री फ्लैगशिप कार्यक्रम आती है जबकि मुख्यमंत्री क्रषि समूह योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के किसानों को सहकारी दृष्टिकोण के जरिए सशक्त बनाना समय पर सहायता मुहैय्या कराना और बेहतर मूल्य प्राप्ति तथा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार का विपणन हस्तक्षेप करना है समारोह के दौरान कृषि मंत्री ने कृषि विभाग की वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की पुरानी मौखिक सांस्कृतिक मान्यताओं और प्रणालियों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करेगी ईटानगर में कल आयोजित तानी आयडल संगीत प्रतियोगिता के ग्रांड फिनाले को संबोधित करते हुए श्री मेन ने कहा कि जनजातिय लोगों की मौखिक साहित्य की डोकुमेन्टेशन के लिए प्रयास की जा रही है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हालही में इदु मिश्मी समुदायों के पारंपरिक आध्यात्मिक उपचार प्रणाली की डोकुमेन्टेशन के लिए जर्मनी से एक विद्वान को काम में लगाया है उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल में आज प्रतिभाओं को बेहतर एक्सपोजर और बड़े पैमाने पर बेहतर मंच मिल रहा है श्री मेन एन कहा कि राज्य सरकार प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षणिक खेल कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कई प्रावधान भी रखे है भारतीय वायुसेना ने आज अपना छियासीवीं वर्षगांठ मनाया गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना अड़डे में आयोजित समारोह में भव्य परेड और अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया एयर चीफ मार्शल बी एस घनोआ ने परेड का निरीक्षण किया समारोह में कई गणमान्य एवं वरिष्ठ व्यक्तियो ने भाग लिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेन्सी ने राज्यों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान योजना के अंदर योग्य लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेड को अधिकृत करने की सलाह दी है एजेंसी ने ये कदम सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना की निर्दिष्ट वंचित श्रेणियों में नही आने के बाद भी योग्य लाभार्थियों की सूची में कुछ लोगों के नाम आने की रिपोर्ट मिलने के बाद उठाया हमारे आकाशवाणी संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार एस ई सी सी दो हजार ग्यारह की रिपोर्ट ग्रामीण एवं नगरीय परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का एक अध्ययन है जो पूर्वानिधारित मानको के आधार पर परिवारों की रैंकिंग सुनिश्चित करता है अपर सुबनसिरी जिले के नाचों में गत शनिवार को आयोजित सरकार आपके द्वार शिविर के दौरान जिला उपायुक्त दानिश अश्रफ ने आई स्टडी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया आई स्टडी अभियान का मुख्य लक्ष्य वित्तीय या व्यक्तिगत कारणों से कम उम्र में ही स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का फिर से स्कूल में दाखिला कराना है जिला उपायुक्त ने अभियान का शुभारंभ करते हुए आठ छात्रों को निशूल्क स्कूल बैग इंस्ट्रमेंट बॉक्स और प्रमाण पत्र वितरित किए इन सभी बच्चों को अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए नजदीकी स्कूलों में दाखिला किया जाएगा जिला उपायुक्त ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और शिक्षको से इन छात्रों की प्रगति की निगरानी करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है लोअर सुबनसिरी जिले के तालों में गत शनिवार की रात को लगी भीषण आग में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गए अगजनी में स्कूल सम्मेलन हॉल पुस्तकालय प्रशासनिक ब्लॉक और क्लासरुम पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गए गौरतलब है कि यह स्कूल जीरो मुख्यालय से करीब बाईस किलोमीटर की दूरी पर स्थित है घटना की खबर सुनते ही विधायक लिखा साया सहित अतिरिक्त जिला उपायुक्त तोको ओबी स्कूल के प्रधानाचार्य तोको तुबी और अन्य स्थानीय लोग घटनास्थल पड़चकर स्थिति का जायजा लिया अरुणाचल प्रेस क्लब अरुणाचल प्रदेश कामगार पत्रकार संघ और अरुणाचल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ इस वर्ष राजधानी ईटानगर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाएगा गत शनिवार को हुई ए पी सी की बैठक में ये निर्णय लिया गया था अरुणाचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष चोपा चेदा ने बताया कि तार्किक मामलों को देखते हुए समारोह स्थल को नामसाई से ईटानगर में बदल दी है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 आज का अधिकतम तापमान उनतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बीस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया